बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर तीन हजार दस हुई

केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि वे कोविड उन्नीस महामारी से लड़ाई में देश के संकल्प को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं श्री प्रसाद ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में आरोप लगाया कि श्री गांधी झूठ फैलाकर राष्ट्र को गुमराह कर रहे हैं

देश का संकल्प उन्होंने कैसे कमजोर करने की कोशिश की स्प्रडिंग नेगेँटिविटी वर्किंग अगेंस्ट द नेशन डब्रिंग क्राइसिंस तीसरा हंगरी फॉर फॉल्स क्रडिट चौथा से वन थिंग डज समथिंग एल्स और पांचवा है मिस इंफॉर्मेशन और फेक न्यूज केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस नेता ने पहले कहा था कि लॉकडाउन कोविड उन्नीस का समाधान नहीं है लेकिन इसके विपरीत कांग्रेस शासित राज्यों में लॉकडाउन लगाया गया श्री प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड उन्नीस महामारी से निपटने के लिए अत्यधिक सक्रिय रहे हैं और वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया था उन्होंने कहा कि श्री गांधी ने एनडीए सरकार पर झूठा आरोप भी लगाया था कि श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों में मजदूरों से किराया वसूला जा रहा है रेल मंत्रालय पचासी प्रतिशत और राज्य पन्द्रह प्रतिशत किराए का भूगतान कर रहे हैं उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के जरिए प्रधानमंत्री ने देश को एकजुट किया और इसका परिणाम यह हुआ कि कोरोना वायरस से अन्य विकसित देशों की तुलना में भारत में कम लोगों की मृत्यु हुई साउंड बाईट कोरोना की कोई दवा नहीं दुआ है और लॉकडाउन है तो लॉकडाउन करके माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने जो हिम्मत दिखाई है जो देश को ैनेतृत्व दिया है वो पूर देश को एक साथ जोड़कर काम करने की कोशिश की है उसका ये फायदा है श्री प्रसाद ने कहा कि राहल गांधी ने आरोप लगाया था कि आईसीएमआर ने खरीद में गड़बड़ी की इसलिए आईसीएमआर को पहली बार स्पष्ट करना पड़ा कि उसने ऐसी कोई खरीद नहीं की है श्री गांधी ने राजनीतिक विरोध में ऐसे संगठनों पर झूठे आरोप लगाए श्री प्रसाद ने कहा कि देश के ग्यारह करोड़ लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप्प डाउनलोड किया है और निजता के मामले में यह पूरी तरह सुरक्षित है भारतीय रेल बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्य पहुंचा रहा है रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों से पैंतालीस लाख प्रवासी कामगारों को भेजा गया है साउंड बाईट बहुत बड़े स्तर पर यह ऑपरेशन चल रहा है जिसमें कि हम श्रमिक ट्रेनों के माध्यम से लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहे हैं और इसमें हमने बहत बड़े पैमाने में लोगों को रैंब तक ले जा चुके हैं

इन समी राज्यों से चलाई जा रही हैं तैंतीस सौ के करीब यह ट्रेन हम चला चूके हैं और करीब पैंतालीस लाख पैंसेजर्स को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा चूके हैं रेलवे अधिकारी ने बताया कि रेल किरायों में रोगियों और दिव्यांगों को ही रियायत दी जाएगी अन्य यात्रियों को किसी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलेगी

तो इस हेतु हम डिस्करेज करने के लिये यदि हमने कसेशन ओपन नहीं किये हैं लेकिन अगर आकस्मिकता के आघार पर किसी को चलना पड़ता है तो उसके लिए कोटा जरूर रहेगा कि वो लोअर बर्थ उनको प्राप्त हो जाए राज्य सरकार ने कहा है कि महाराष्ट्र में फंसे बिहार के लोगों को वापस लाया जायेगा मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा कि जो भी इच्छुक लोग राज्य वापस लौटना चाहेंगे उन्हें लाने की व्यवस्था की जायेगी श्री कुमार ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार जितनी संख्या में ट्रेनें भेजना चाहती हैं भेज सकती हैं इधर आज महाराष्ट्र से पच्चीस ट्रेनें राज्य के विभिन्न जगहों पर पहुंच रही हैं आज एक सौ बारह ट्रेनों के माध्यम से एक लाख तेरासी हजार प्रवासी लौट रहे हैं कल उनासी रेलगाड़ियों के माध्यम से एक लाख उनतीस हजार लोग आयेंगे प्रदेश में कोविड उन्नीस के मामलों की संख्या तीन हजार के आंकड़ें को पार कर गयी है आज बयालीस नये मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर तीन हजार दस हो गयी है वहीं राज्य में अब तक नौ सौ अठारह मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं मृतकों की संख्या पंद्रह हो गयी है स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि तेईस मई को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से लौट रहे पूर्वी चंपारण के एक व्यक्ति की ट्रेन में तबीयत खराब हुई थी जिसके बाद उन्हें जहानाबाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था इलाज के दौरान उनकी मौत हो गयी थी मृतक की रिपोर्ट पॉजिटिव आयी है उन्होंने बताया कि अब तक जो मामले सामने आये हैं उसमें दो हजार एक सौ तीस प्रवासी श्रमिकों के हैं इधर देश भर में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या एक लाख इक्यावन हजार सात सौ सड़सठ हो गई है अब तक चार हजार तीन सौ तैंतीस लोगों की मौत हुई है जबकि चौंसठ हजार चार सौ छब्बीस लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं स्वस्थ होने की दर बयालीस दशमलव चार पांच प्रतिशत हो गई है विदेश से लौट रहे भारतीयों के लिए होटल क्वारंटीन की अवधि चौदह दिन से घटाकर सात दिन कर दी गई है इसके लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने संशोधित दिशा निर्देश जारी किए केन्द्र ने राज्यों से सुनिश्चित करने को कहा है कि स्वदेश लौट रहे भारतीयों से क्वारंटीन अवधि के लिए होटलों द्वारा लिया गया हफ्तेभर का अतिरिक्त शुल्क लौटा दिया जाए विदेशों से लौट रहे भारतीयों ने चौदह दिन के लिए होटल की अग्रिम बुकिंग कर ली थी केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि कुछ होटल सात दिन का अग्रिम भुगतान लौटाने से मना कर रहे हैं उन्हें केवल सात दिन का शुल्क लेने का निर्देश दिया जाए गृह मंत्रालय ने मीडिया की उन खबरों को बेबुनियाद बताया है जिसमें कहा गया है कि सभी राज्यों को स्कूल खोलने की अनुमति दे दी गयी है मंत्रालय ने इस खबर को पूरी तरह भ्रामक बताते हुए कहा है कि ऐसा कोई फैसला नहीं किया गया है और समूचे देश में शिक्षण संस्थानों को खोलने पर रोक जारी है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा पहली जुलाई से आयोजित होने वाली दसवीं वीं और बारहवीं की लंबित परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थियों को एक बड़ी राहत दी है मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया है कि लॉकडाउन के दौरान जो छात्र दूसरे राज्य या जिले में चले गए हैं वे वहीं से इन परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं उन्होंने कहा कि छात्रों को इन परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए अपने पिछले परीक्षा केंद्रों पर जाने की आवश्यकता नहीं है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड उन्नीस महामारी का प्रसार रोकने के लिए लोगों से हाथ धोने और सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन करने की अपील दोहराई है मंत्रालय ने ट्वीटर पर कहा कि नए दिशा निर्देशों के अनुसार लोगों को हमेशा सुरक्षित दूरी बनाए रखने साबुन और पानी से हाथ धोने या एल्कॉहल युक्त हैंड सैनिटाइजर के प्रयोग जैसे नियमों का पालन करना चाहिए साउंड बाईट स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से बाहर निकलते समय फेस मास्क के प्रयोग पर जोर दिया है ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोका जा सके इसके साथ ही लोगों से यह भी कहा गया है कि वे सही सूचनाओं का प्रसार करें और इस बिमारी के लक्षण पाए जाने वाले व्यक्तियों को जांच करान के प्रति जागरूक करें स्टिग्मा की दूर करने की जरूरत है क्योंकि इसकी वजह से लोगों की शीघ मदद में देरी हो सकती है जिससे उनका स्वास्थ्य और बिगड़े सकता है लोगों की सुरक्षा के लिए यह जरूरी है कि वे दो गज की दूरी का पालन करें साथ ही उन्हें अपने नाक और मुंह को भी छुने से बचना चाहिए लोगों को तम्बाक सेवन का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकरना चाहिए

आनंद कुमार आकाशवाणी समाचार दिल्ली

ये वक्त हमें और अधिक मात्रा में संयम और अनुशासन ये चीजों का ध्यान में रखना है जो लॉकडाउन के मुल मंत्र हैं जैसे की सोशल डिस्टॅसिंग हआ या स्वच्छता क्लीनीनेश यूज ऑफ मास्क है हेंड वासिंग बाकि जो भी चीजें बताई जाती है आमतौर पर इसको हमें निरंतर इसका पालन हमें करते रहना होगा जानी मानी फिल्म अभिनेत्री सोनम कपूर ने लोगों से लॉकडाउन के दौरान सरकार के सभी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है साउंड बाईट कोरोना वायरस के चलते मेरी आप सबसे अपील है कि अपने तथा दूसरों के बचाव के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखें जब तक बहुत आवश्यक न हो तब तक टन से गैर जरूरी यात्राएं न करें

कोविड उन्नीस संक्रमित लोगों के संपर्क का पता लगाने और स्व आकलन का मोबाइल एप्लिकेशन आरोग्य सेतु एप अब ओपन सोर्स हो गया है नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कल नई दिल्ली में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि पारदर्शिता गोपनीयता और सुरक्षा आरोग्य सेतु एप का प्रमुख सिद्धांत है श्री अमिताभ कांत ने कहा कि आरोग्य सेतु एप बारह भाषाओं में उपलब्ध है केवल इकतालीस दिन में ही इसका उपयोग करने वालों की संख्या दस करोड़ से अधिक हो गई है म्यामां नेशनल एयरवेज के एक विशेष विमान से पैंतालीस अप्रवासी भारतीय आज गया हवाई अड्डे पर उतरे हमारे गया संवाददाता ने खबर दी है कि इनमें से चालीस लोग बिहार के और पांच झारखंड के हैं सभी की थर्मल स्क्रीनिंग के बाद उन्हें होटल में बनाये गये क्वारेंटीन सेंटर भेज दिया गया है झारखंड के लोगों को विशेष वाहन से रांची भेजा गया है इसी विमान से बौद्ध स्थलों पर फंसे लोगों की यंगून वापसी हुई लॉकडाउन की अवधि में सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से आम लोगों का जीवन काफी आसान हुआ है

श्रम संसाधन विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि क्वारेंटीन केन्द्र में ही नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर मजदूरों का पंजीकरण हो रहा है पंजीकरण के समय श्रमिकों के कौशल की भी जानकारी ली जा रही है देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की आज पुण्यतिथि है वर्ष उन्नीस सौ चौंसठ में सताईस मई को उनका निधन हुआ था प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पंडित नेहरू की पुण्यतिथि पर श्रद्वांजलि अर्पित की है इधर प्रदेश में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन कर पंडित नेहरू को श्रद्धांजलि दी गयी औरंगाबाद जिला मुख्यालय में लॉकडाउन के नियमों के विरूद्ध जाकर एक शॉपिंग मॉल को खोले जाने के मामले में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है रोहतास जिले के काराकाट थाना क्षेत्र स्थित एक बैंक ग्राहक सेवा केन्द्र के संचालक से अपराधियों ने एक लाख चालीस हजार रूपये लूट लिये

बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर तीन हजार दस हुई